मंत्रिमण्डल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज शिमला में होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बजट सत्र के दौरान सदन में प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन विधेयकों को मंजूरी दिये जाने की संभावना है ये बैठक विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद होगी इसके अलावा बैठक में मॉडल एपीएमसी एक्ट को लेकर चर्चा होने की भी संभावना है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल शिमला स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली का दौरा किया और विद्यार्थियों से विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल और अन्य गतिविधियां मनुष्य के शारीरिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती हैं उन्होंने विद्यार्थियों से बुरी आदतों से बचने और सकारात्मक सोच अपनाने का आग्रह भी किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि संस्कारयुक्त ज्ञान प्रदान कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है शिमला में कल एक निजी स्कूल में पुस्तक व प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे से स्वास्थ्य के साथ साथ समाज व राष्ट्र को नुकसान होता है उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों से विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने का आहवान भी किया

जनगणना निदेशक सुशील कापटा ने शिमला में जनगणना अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उदघाटन अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने नागरिकों से स्पष्ट व संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील भी की है प्रैस क्लब प्रैस क्लब शिमला की कार्यकारिणी के सदस्यों ने अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हैडली के नेतृत्व में कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की सदस्यों ने मुख्यमंत्री से पत्रकारों के लिए पैंशन आवास सुविधा सहित शिमला में प्रैस क्लब भवन के लिए स्थान देने का आग्रह किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मंडी में जातीय भेदभाव से जुड़े मामले पर विधानसभा में वॉक आउट सम्बंधी खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है मंडी में फिर जातीय भेदभाव पर विपक्ष का वॉकआउट हंगामा दैनिक भास्कर के अनुसार दलित के साथ जातीय भेदभाव का मुद्दा सदन में गूंजा विपक्ष ने किया वॉकआउट दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जातीय भेदभाव पर वॉकआउट मंडी के मामले पर सदन में गहमागहमी सीएम के बयान पर भी नहीं माना विपक्ष इसी खबर पर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दलित उत्पीड़न पर सदन में हंगामा दोनों ओर से नारेबाजी विपक्ष का वॉकआउट फर्जी डिग्री मामले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है सीआईडी ने दोनों निजी विश्वविद्यालयों से लिया रिकॉर्ड इसी अखबार की एक और खबर है विधानसभा सत्र के बाद मंत्रिमण्डल बैठक आज

दिव्य हिमाचल के मुताबिक अब डिपुओं में नमक महंगा दोगुणे हुए दाम चार की जगह आठ रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा

नाहन के समीप चिड़ावली में हिरणों के शिकार सम्बंधी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है दो हिरणों का शिकार नाहन में घर में रखे फ्रिज से मांस बरामद